उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओ के विकास के लिये बजट में धनराशि का आवंटन किया गया है और राज्य के स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को प्रचलन में लाने के लिये कदम उठाये जा रहे है श्री खांडू ने यह बात राज्य के लेपा राडा जिले के बसार में आयोजित एक समारोह में कही संस्कृति और परम्परा के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाषा के संरक्षण पर जोर दिया भाषायें किसी संस्कृति के सार तत्व को प्रतिबिम्बित करती है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अरुणाचल प्रदेश की लुप्त हो रही छब्बीस भाषाओं को बचाने के प्रयास करने चाहिये

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हालही में ईस्ट सियांग जिले में एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि भूमि मुआवजा मुद्दे के चलते अवरोध के कारण परियोजना लम्बे समय से संबित थी अंततः सरकार द्वारा मुद्दे को निपटा लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में सड़क और हवाई संपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियो ने पिछले चार वर्षो के दौरान एक शौ तीस से अधिक बार सीमावर्ती राज्य का दौरा किया है जो पहले चौबीस वर्षो में दर्ज नही किया गया था

केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल एक टवीट संदेश में कहा कि महिलाओ को सेना में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा और अंतत मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओ को शामिल करने का फैसला सशक्त सेनाओ में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया है इस समय महिलाओ को चिकित्सा कानून शिक्षा सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओ में लिया जाता है सेना पुलिस की भ्रमिका छावनी इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानो की निगरानी की होती है सेना पुलिस इस बात का भी ध्यान रखती है कि सैनिक नियमों तथा कायदे कानूनों का उलंघन न करे इसके अलावा सैनिको की आवाजाही और युद्ध तथा शांतिकाल में उनका आना जाना युद्ध बंदियो की व्यवस्था और जरुरत पड़ने पर नागरिक पुलिस की मदद करना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है

हैदराबाद में भगवान महाबीर विकलांग सहायता समिति द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ विशेष रुप से शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्तियो के खिलाफ बुरा बर्ताव या भेदभाव करने का कोई अधिकार नही है आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज व्यक्तियों और संस्थाओ की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे दिव्यांजनो का समर्थन करें और उन्हें इतना सक्षम बनाये कि वे गरिमामय जीवन जी सके

इस महीने बी ई बी टेक में प्रवेश के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से पंद्रह छात्रों ने शत प्रतिशत अंक हासिल किए है यह परीक्षा सी बी एस ई के बाद पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए द्वारा आयोजित की गई थी इस महीने की नौ से बारह तारीख तक आयोजित प्रवेश परीक्षा में आठ लाख चौहत्तर हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे

आज रात आकाशवाणी के टॉक शो में हिस्सा लेते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी प्रणव ज्योति शर्मा ने बताया कि इस दिशा में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य जारी है जबकि कई शहरो को पहले ही रेल सम्पर्क से जोड़ दिया गया है उन्होंने यह भी बताया कि धार्मिक शहर बारपेटा को होकर रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण के कार्य अगले तीन महीनों में पूरे हो जायेंगे श्री शर्मा ने बताया कि उम्मीद है कि वर्ष दो हजार बाइस तक गुवाहाटी में विद्युत चालित रेल इंजन चलने लगेंगे इसके लिए विद्युतीकरण का कार्य भी हो रहा है उन्होंने यह भी बताया कि बोगीबिल सड़क और रेल पुल के खुल जाने से मालगाड़ियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिये दूरी एक सौ सत्तर किलोमीटर कल हो गयी है

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नो दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया